वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर विचार विमर्श होगा सरकार ने दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है

शिमला में कल एचपीटीडीसी के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की इकाईयों को लाभप्रद बनाने के लिए और अधिक सक्रिय व व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से कुल्लू व लाहौल स्पीति ज़िलों में पर्यटकों की आवाजाही में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है ऐसे में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की आर्थिकी सृदृढ़ करने के लिए उन्हें होम स्टे योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करने पर भी बल दिया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में सभी प्रशासनिक सचिवों की एक बैठक होगी

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए उपमंडल स्तर पर कार्यबल गठित किए जाएंगे उन्होंने सभी उमण्डलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिए

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है

बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्रों में कई संपर्क मार्ग अभी भी अवरूद्व हैं इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के साफ रहने का अनुमान जताया है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है पीटीए व निजी स्कूलों के बीच सहमति न बनी तो डीसी लेंगे फीस पर अंतिम फैसला दैनिक जागरण का शीर्षक है फीस के कारण परिणाम रोकने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई दिव्य हिमाचल के शब्द हैं डेपुटेशन पर गए टीचर किए जाएंगे रिटायर

हिमाचल दस्तक की सुर्खी है भारत पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखा है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हिमाचल सतर्क पंजाब केसरी के शब्द हैं स्ट्रेन की पहचान के लिए अलर्ट पर हिमाचल

मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है बर्फबारी के बाद अभी पटरी पर नहीं लौटी व्यवस्था